श्री योगी ने वैक्सीनेशन अभियान के सम्बन्ध में आज लखनऊ के लोक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की और वैक्सीनेशन अभियान के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य प्रत्येक दशा में भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप संचालित किए जाने के निर्देश दिया है वैक्सीनेशन कार्य को अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से किए जाने के निर्देश देते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन अभियान में नोडल विमाग के रूप में कार्य करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री योगी ने मेरठ सिद्वार्थनगर वाराणसी गोरखपुर तथा लखनऊ के जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से संवाद स्थापित कर उनके जिले में वैक्सीन की कोल्ड चेन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण वैक्सीनेशन बूथ की स्थापना आदि कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के प्रबन्धों का सत्यापन कार्य प्राथमिकता पर सम्पन्न हो

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कांफ्रेस के जरिए बातचीत की यह सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

श्री योगी आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय वैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे बैठक में उन्होंने ने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई समस्या न हो उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के सभी ग्रामों में वरासत अभियान प्रगति पर है वरासत अभियान को तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हए उन्होंने कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही निर्वारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाए उन्होंने बर्ड फ्लू के दृष्टिगत प्रत्येक स्तर पर साक्षानी बढ़ाए जाने के निर्देश देते हए कहा कि बर्ड पलू की जांच बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आईवीआरआई में की जाए बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे दिल्ली वाराणसी तीव्र गति रेल गलियारे के भ सर्वेक्षण का कार्य कल ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ रेल मंत्रालय ने कहा कि अत्याध्निक एरियल लीडार और इमेजरी सेंसर तकनीक से लैस एक हेलीकॉटर ने पहली उड़ान भरी और भू सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया मंत्रालय ने कहा कि लीडार तकनीक जमीन से जुड़े सभी विवरण मुहैया कराती है और इसे एकत्र करने में तीन से चार महीने लगते हैं जबकि सामान्य रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करने में दस से बारह महीने का समय लगता हैं भू सर्वेक्षण किसी भी ढांचागत परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है इस तकनीक के जरिए सटीक सर्वेक्षण आंकड़े देने के लिए लेजर और जीपीएस डेटा उड़ान मापदंड और वास्तविक तस्वीरों के संयोजन का उपयोग किया जाता है आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पचपनवीं पृण्यतिथि पर उनके जन्म स्थान चंदौली के मुगलसराय के सेन्ट्रल कालोनी और पैतुक निवास वाराणसी के रामनगर में स्थित प्रतिमा पर श्रद्वा सुमन अर्पित कर के एक संगोष्ठी का आयोजन कर के उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया प्रदेश के अन्य जिलों में भी जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर के याद किया गया